केन्द्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन ने कल नई दिल्ली में बताया कि सार्वजनिक क्षेत्र के दस बैंकों का चार बैंकों में विलय किया जाएगा

ये बैंक सुद्रढ़ संगठित ऊर्जावान और पर्याप्त प्रंजी वाले होंगे इस बीच केन्द्रीय वित्त और कॉरपोरेट मामलों के राज्यमंत्री अनुराग ठाकुर ने कल शाम हमीरपुर में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि बैंकों के विलय से भारतीय बैंकों की ताकत बढ़ेगी और ऋण देने की क्षमता में भी वृद्धि होगी उन्होंने कहा कि बैंकों के इस विलय से देश दुनिया के बैंकों से भी मुकाबला कर पाएंगे

सदन में प्रश्नकाल के अलावा अन्य विधायी कार्य निपटाए जाएंगे

अनराग ठाकर केन्द्रीय वित्त और कॉरपोरेट मामलों के राज्यमंत्री अनुराग ठाकुर हमीरपुर के चार दिवसीय दौरे के दौरान आज दूसरे दिन सुजानपुर में चिल्ड्रन पार्क में जनसंवाद कार्यक्रम में भाग लेंगे इस बीच अनुराग ठाक्र विभिन्न योजनाओं का उद्घाटन करेंगे व सुजानपुर से हिमाचल पथ परिवहन निगम की दो बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे इस दौरान अनुराग ठाकुर विभिन्न स्थानों पर जनसमस्याएं भी सुनेंगे प्रदर्शनी सूचना व प्रसारण मंत्रालय के फिल्ड आउटरिच ब्यूरो शिमला द्वारा कल वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय धामी में लोगों को केन्द्र की कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई क्षेत्रीय प्रदर्शन अधिकारी रितेश कप्र ने बताया कि एकीकृत संचार और आउटरिच कार्यक्रम के तहत स्थानीय लोगों व विद्यार्थियों को जलशक्ति अभियान बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ व स्वच्छता अभियान सहित हर वर्ग के लिये केन्द्र सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं से अवगत करवाया गया इस मौके पर चित्रकला प्रदर्शनी व रैली के माध्यम से जल संरक्षण स्वच्छता और नशे के कुप्रभावों के प्रति लोगों को जागरूक किया गया

उन्होंने बताया कि लघ् व सीमांत किसान पति पत्नी इस योजना को अलग अलग अपना सकते हैं इस योजना का नामांकन लोकमित्र केन्द्रों में निःशुल्क किया जा रहा है मौसम राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अधिकांश भागों में पिछले दो दिनों से अधिकतर स्थानों पर मौसम साफ बना हुआ है हालांकि कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा का समाचार है मौसम के सामान्य रहने से बीते दिनों भारी बारिश से हुए नुकसान के बाद अब सामान्य जनजीवन पटरी पर लौटने लगा है

अब एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर आज अधिकांश समाचार पत्रों ने प्रदेश विधानसभा के मॉनसून सत्र से जुड़ी खबरों को प्रमुखता दी है दैनिक जागरण की सुर्खी है जबरन धर्मान्तरण पर अब सीधी जेल दिव्य हिमाचल का शीर्षक है हिमाचल में अब जबरन धर्म परिवर्तन पर सात साल कैद दैनिक भास्कर के शब्द हैं धर्म की स्वतंत्रता विधेयक ध्वनिमत से पारित विपक्ष ने भी किया समर्थन जबरन धर्म परिवर्तन पर होगी सात साल तक कैद

दैनिक भास्कर के अनुसार विधायकों मंत्रियों के सालाना टीए में डेढ़ लाख की बढ़ोतरी अब चार लाख मिलेंगे हिमाचल दस्तक का कहना है माननीयों की मौज को हर साल दो करोड़ देंगे जयराम आऊटसोर्स कर्मचारी न नियमित होंगे और न अनुबंध पर आएंगे अजीत समाचार की एक खबर है शिक्षा का स्तर सुधारने को शिक्षकों में ईमानदारी जरूरी शीर्षक से दिव्य हिमाचल लिखता है बिना अनुमति स्कूल से नदारद रहने के मामले में हाईकोर्ट की टिप्पणी इसी खबर पर पंजाब केसरी लिखता है स्कूल से अनुपस्थित रहने पर पांच शिक्षकों के विरुद्ध की कार्रवाई चार के खिलाफ जांच लंबित मुख्यमंत्री के काफिले में शामिल होगी इलेक्ट्रिक कार आपका फैसला की एक खबर है इसी खबर को दैनिक जागरण ने सुर्खी दी है पर्यावरण व पैसे बचाएगी मुख्यमंत्री की नई कार